हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों और आढ़तियों को आश्वासन दिया कि धान समेत खरीफ की फलसों की खरीद में कोई दिक्कत नहीं आने दी जायेगी आज करनाल में अनाज मंडी में धान की जायज़ा लेने पहंचे मुख्यमंत्री ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में कई नई व्यवस्थायें की गई है जिसके कारण उस पर लोड ज्यादा हो गया है इस दौरान म्ख्यमंत्री ने बताया कि चावल मिल मालिकों की समस्यायें भी एक दो दिन में दूर कर दी जायेगी

करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री के आशवासन के बाद चीनी मिल माहिक और आढ़ती संत्ष्ट नज़र आये

इसके बाद उन्होने नव निर्मित नमस्ते प्रतिरूप का लोकार्पण और दानीवी कर्ण का नाम से भव्य स्वागत द्वार का उदधाटन भी किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री कहा कि ग्रूदवारा श्री ग्रू सिंह सभा सोसायटी एवं चैरिटेबल ट्रस्ट स्वास्थ्य के क्षेत्र में करनाल के लोगों की वर्षो से सेवा कर रही है उन्होंने कहा कि रक्तजाचा और फिजियोथैरेपी की अत्याध्निक मशीनों की स्थापना से करनाल की जनता को लाभ मिलेगा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है और उनकी एक इंच भी भूमि छीनने नहीं दी जायेगी आज अम्बाला में एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हये श्री कटारिया ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में ध्यान में रखकर बनाये गये है और जल्दी ही किसानों को इन कानूनों से काफी फायदा होगा उन्होंने कहा कि किसानों का विपक्ष द्वारा ग्मराह किया गया लेकिन धीरे धीरे लोगों और किसानों का इन कानूनों की सच्चाई का पता चल रहा है

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने अगले वर्ष होने वाली खेल इंडिया प्रतियोगिता के मद्देनज़र सभी खेल परियोजनाओं को मार्च तक म्कम्मल करने के निर्देश दिये है आज अम्बाला छावनी में वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में सभी मौसमों के अनुकूल तरनताल के निर्माण की समीक्षा करते हये श्री विज ने मौके पर मौजूद खेल विभाग के निदेशक एस एस फ्लिया को कहा कि वे ख्द निर्माण कार्यो का निरीक्षण करें और पिलाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाये उन्होने फीफा से स्वीकृत फ्टबाल स्टेडियम के निर्माण में हो रही देरी पर भी नाराज़गी प्रकट की

एक भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी लोगों को अपने अवग्ण त्याग कर धार्म्रिक हो जाना चाहिए बापू ने यह भी कहा था सभी धर्म मावन चेतना को विस्तार देकर व्यवहार के मानक तय करते है जिसने मानव अपने चरित्र और व्यक्तित्व के साथ न्याय कर सके हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद हो रही है और मंडियां भी अपना काम कर रही है जो साबित करता है कि पूरा विपक्ष किसानों को कृषि कानूनों को लेकर बरगलाने की काम कर रहा है आज रेवाड़ी की अनाज मंडी में बाजरा की खरीद का जायज़ा लेने और किसानों की समस्यायें स्नने के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्छ तकनीकी खराबी के कारण किसानों को टोकन मिलने में परेशानी हुई जिसे शाम तक ठीक कर दिया गया उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जायेगा और उठान भी समय पर होगा

आज फरीदाबाद और सिरसा जिले में एक एक यम्नानगर और पंचकूला जिले में दो दो और अम्बाला जिले में तीन कोविड मरीज़ों की मृत्य् होने की खबर मिली है

श्री विजय वर्धन आज चडीगढ़ में कोविड उचित व्यवहार के तहत की जाने वाली जागरुकता गतिविधियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भावी अध्यापकों के चयन के लिए एचटेट परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी हैं

शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इस बार भी एचटेट परीक्षाएं गृह जिलों में ही होगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को सैनेटाईज करवाया जाएगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा

पदमश्री से सम्मानित किसानों भारत भूषण त्यागी और कंवल सिंह चौहान भाषा आंदोलन चलाले वाले प्रस्पेन्द्र किसान कल्ब ग्रूग्राम के अध्यक्ष मान सिंह यादव सहित कई जिलों के किसानों कल्ब से ज्ञे किसानों ने कृषि कानूनों की हिमायत की है बुजंदश्हर से रोहतक पहुंचे भारत भ्षण त्यागी ने कहा कि कान्नो में न्यूनतम समर्थन मुल्य खत्म करने का कोई जिक्र नहीं है श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को लागू करके बड़ा काम किया है अब फसल भंडारण करने वालों की गिनती भी बढ़ेगी